प्रदेश के छह नगर निगमों के चुनाव के लिए नाम वापसी का आज आखरी दिन प्रत्याशियों ने शुरू किया चुनाव प्रचार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

सहकारिता मंत्री उदयलाल आजना ने यह जानकारी देते हुए बताया कि नेफैड और केन्द्र सरकार से वार्ता में इस पर सहमति हुई अब किसान एक नवंबर से मूंगफली बेचने के लिए ई मित्र या खरीद केन्द्रों पर पंजीयन करा सकेंगे

कल जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों को भ्रमित कर रही है

उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि टोंक जिले में इस बार औसतन कम बारिश हुई है जिससे किसानों को परेशानी हो रही है

नाम वापसी के बाद इस चुनाव के लिए उम्मीदवारों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी

निगम चुनावों के तहत कल प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे इस बीच प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने चुनाव कार्यालय खोलने शुरू कर दिए हैं

आयोग ने कल राजनीतिक दलों को फिर सलाह दी है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान पूरी सतर्कता और सावधानी बरती जाये

राजस्थान के पूर्व अन्तरराष्ट्रीय एथलीट गोपाल सैनी ने इस बीमारी से बचने के लिए लोगों से मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी बनाने की अपील की है

वहीं शहर के एमआई रोड व्यापार मंडल ने आगामी दिनों में एक लाख मास्क बांटने की घोषणा की है झालावाड़ में जिला प्रशासन और खानपुर व्यापार संघ की ओर से जिला कलेक्टर के नेतृत्व में जन जागरूकता रैली निकाली गई और दुकानदारों और ग्राहकों को मास्क लगाने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के बारे में समझाया गया

श्रोता अपने विचार और सुझाव नमो एप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं